राजधानी देहरादून में आयोजित एक प्रेसवार्ता में निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से देश की तस्वीर बदल रही है उन्होंने कहा कि नए भारत के मुताबिक नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए निशंक ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स मे दी गई छूट से कारोबारियों को लाभ हो रहा है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि घरेलू उद्योग में हेज को जीरो किया गया है इससे व्यापारियों को सीधा लाभ होगा

इससे रोजगार बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के लिए निवेश का सबसे बेहतर स्थान बनेगा इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में ये फैसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे

कार्यक्रम के दौरान नयी शिक्षा नीति पर चर्चा की गयी

स्लग गिरिराज सिंह हरिद्वार दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेत्रत्व वाली सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं श्री सिंह ने कहा कि उत्तराखंड द्नियाभर में पर्यटन का केन्द्र बन गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में छूट दी गई है

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के कॉर्पोरेट टैक्स में किए गये सुधार के सकारात्मक नतीजे भी जल्द देखने को मिलेंगे

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया देहरादून से वाराणसी के लिए अभी यह सेवा सप्ताह में दो दिन बुधवार और शनिवार को उड़ान भरेगी एयर इंडिया की देहरादून से शुरू होने वाली यह तीसरी एयर बस है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून व वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने से विशेष रूप से उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ होगा इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा उत्तराखण्ड में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि रोड एयर और रोप वे कनेक्विटी बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया गया है इससे राज्य में पर्यटन व्यवसाय को और अधिक मजबूती मिलेगी एयर कनेक्टीवीटी में विस्तार से राज्य में निवेश भी बढ़ेगा स्लग प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मानवता के हित में आतंकवाद के खिलाफ संगठित होने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आहवान किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमरीका यात्रा को सफल और सार्थक बताया है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पिछले कुछ दिनों में विविध कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी का लाभ देश और विकास कार्यक्रमों को मिलेगा स्लग रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प और हमारी नौ सैनिक क्षमता बढ़ने से भारत अब उसे और करारा जवाब दे सकता है देश में ही निर्मित कालवेरी की दूसरी श्रेणी की डीजल बिजली पनडुब्बी आई एन एस खंडेरी का मुंबई में जलावतरण करने के बाद श्री सिंह ने ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा सेनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए वचनबद्ध है स्लग विधानसभ अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कंपाला में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान रुपारेलिया ग्रुप के संस्थापक सुधीर रूपारेलिया से मुलाकात की रूपारेलिया युगांडा सहित अफ्रीका के मुख्य कारोबारियों में से एक है इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने सुधीर रूपारेलिया को उत्तराखंड में निवेश हेतु भी आमंत्रित किया दोनों के बीच उत्तराखंड में व्यवसाय पर्यटन तीर्थाटन के संबंध में भी विस्तृत चर्चा हुयी सुधीर रूपारेलिया ने विधानसभा अध्यक्ष को उत्तराखंड में आकर पर्यटन वह अन्य व्यवसायों में निवेश करने के लिए आश्वस्त किया स्लग मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन ने उत्तराखंड में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस पर न्यायपालिका सरकार और समाज को साथ मिलकर काम करना होगा

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नशा मादक पदार्थों की सप्लाई का हब बनता जा रहा है जो बेहद चिंतनीय है

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नैनीताल अल्मोड़ा ऊधमसिंह नगर और देहरादून में स्थिति काफी गंभीर है उन्होंने कहा कि नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए और नशा छुड़ाने के लिए सरकार को भी कदम बढ़ाना होगा वहीं न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने नालसा की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि नशा दुनिया का पेट्रोलियम और हथियार के बाद तीसरा सबसे बड़ा कारोबार बन गया है उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है इसलिए न्याय पालिका ने संकल्प नशा मुक्त देवभूमि अभियान की शुरुआत की है जिसका असर दूरगामी होगा

बारिश से पर्वतीय जिलों में कई जगह सड़क मार्ग बंद हो गए टिहरी में पहाड़ी से बोल्डर गिरने से छह लोगों की मौत हो गई

घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग में भर्ती कराया गया जहां सभी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एम्स ऋषिकेश भेजा गया है प्राप्त सूचना के अनुसार वाहन में सवार लोग मौहाली से हेमकुंड जा रहे थे वहीं पिथौरागढ में तेज बारिश से सड़कों पर मलबा आ गया है नेशनल हाइवे टनकपुर तवाघाट मलबा आने से कई जगह बाधित हो गया है जिससे यहां यातायात प्रभावित है कोटद्वार के लालपानी गांव में खो नदी का जलस्तर बढ़ जाने से शुक्रवार को एक व्यक्ति पानी में बह गया आज उसका शव उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते कादर गांव से बरामद किया गया देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के आठ जिलों देहरादून टिहरी पौड़ी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है राजधानी देहरादून में भी सुबह से ही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया

राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले चार दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी

जिले के मुख्य गोदाम टनकपुर के साथ ही चम्पावत लोहाघाट और धुनाघाट के सरकारी दुकानों में दाल पहुंचा दी गई है

चंपावत की जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी शिल्पी शुक्ला ने इस बारे में जानकारी दी राज्य के आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के लिए सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री ने इसी महीने इस योजना की घोषणा की थी

स्लग नवरात्रि संदेश नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह पर्व हमें मातृशक्ति की आराधना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परम्परा का भी प्रतीक है मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में कन्या पूजन की परम्परा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है